सोमवार को राज्य के सोलह जिलों से कोविड संक्रमण के एक सौ अस्सी नए मामले दर्ज किए गए जिससे राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ छिहत्तर हो गई है हालांकि राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार सोमवार को कोविड के एक सौ चौबीस मरीज स्वस्थ हो गए राज्य में कोविड से ठीक होने वालों की दर उनहत्तर प्रतिशत के आस पास बनी हुई है कल सबसे ज्यादा बयालीस मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए जबकि अंजाव से पच्चीस पाप्मपारे से पंद्रह और ईस्ट सियांग और लोंगडिंग से चौदह चौदह मामले दर्ज किए गए इधर राजधानी क्षेत्र जिला उपाय्क्त ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ईटानगर के एच सेक्टर के क्छ इलाकों और गंगा विलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है एस डी पी ओ कामदाम सिकोम ने बताया है कि प्लिस विभाग ने कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाया है

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस छात्रों और युवाओं को अपनी रोजगार की सोच बदलने में मदद करेगी राज्यपान ने बताया कि सरकार राज्य की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हए राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस को लाग् करेगी उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सभी हितधारकों और राज्य शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है उन्होंने कहा टास्क फोर्स राज्य में सही मायनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस का अध्ययन और कार्यान्वयन करेगा

इस बैठक मेँ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिय्राम वाघे सांसद तापिर गाव और नाबम रेबिया उप म्ख्यमंत्री चाउना मैन गृहमंत्री बामांग फेलिक्स सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं बैठक में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संविधान की छठवे अन्सूची में शामिल किए जाने को राज्य के जनजातीय अधिकारों और संस्कृति की संवैधानिक स्रक्षा की दिशा में एक कदम बताते हए एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया

केंद्र सरकार के योजना ई शक्ति प्रोजेक्ट के तहत नामसाई में महिला सेल्फ हेल्प ग्र्प की सदस्यों को डिजिटल प्लेटफार्म पर काम काज करने का प्रशिक्षण दिया गया यह योजना राज्य के केवल दो जिलों पाप्मपारे और नामसाई में लागू किया जा रहा है ई शक्ति प्रोजेक्ट के लागू होने से सेल्फ हेल्प की महिलाएं ऑनलाइन अपने अकाउंट की जांच कर सकेगी और उन्हें ट्रांजेंक्शन का मेसेज भी मिलेगा इससे उनके काम काज में पारदर्शिता आएगी और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में भी सबको जानकारी मिलेगी

राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दौरान संवाददाताओं द्वारा प्रछे गए सवालों के जवाब में श्री गाव और रिबिया ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश कभी भी साउथ तिब्बत का हिस्सा नहीं था और यह शुरु से ही भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा

यह मनोरोगियों को राहत और सहायता उपलब्ध कराएगी

इसका उद्देश्य जीवनपर्यन्त सीखने के क्रम में य्वाओं और वयस्कों पर विशेष ध्यान देते हए साक्षरता का महत्व उजागर करना है

इसका उद्देश्य व्यक्ति सम्दाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है